वे कुछ समय से बीमार थे उनका अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान एम्स के गहन चिकित्सा कक्ष में विशेषज्ञ चिकित्सकों के दल की निगरानी में इलाज चल रहा था एक बयान में एम्स ने बताया है कि इस महीने की नौ तारीख से अस्पताल में भर्ती श्री जेटली का आज दिन में बारह बजकर सात मिनट पर निधन हआ एक श्रद्वांजलि भारतीय राजनीति के विराट व्यक्तित्व पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे वे नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंघन की पहली सरकार में वित्तमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी उन्होंने केन्द्रीय मंत्री के रूप में काम किया अरुण जेटली ने रक्षा कम्पनी मामलों वाणिज्य और उद्योग कानून और न्याय के अलावा सुचना और प्रसारण मंत्रालय में अपने काम की छाप छोड़ी

अरुण जेटली के वित्त मंत्री रहते सरकार ने नोट बंदी और माल और सेवाकर जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक उपाय किये थे उनके नेतृत्व में मोदी सरकार ने रेल बजट को आम बजट में शामिल किया और आम बजट को पहली फरवरी को पेश किया जाना भी अरुण जेटली के कार्यकाल में ही हुआ जीएसटी की दरों में हुए बहुत से परिवर्तन भी उन्हीं की सफल निगरानी में हुए दिवालिया हुई कम्पनियों से जुड़ी दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता आईबीसी कोड भी उन्हीं के कार्यकाल में तैयार हुई अरुण जेटली ने पिछले दो दशकों से अधिक के समय में भारतीय जनता पार्टी और सरकार में महत्वपूर्ण योगदान दिया वे पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिकार रहे और दशकों तक लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी की रणनीति तैयार करते रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अरुण जेटली के निधन पर दुख व्यक्त किया है श्री कोविंद ने कहा कि विद्वान अधिवक्ता कुशल सांसद और मंत्री के रूप में अरुण जेटली ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने श्री जेटली के निधन को देश के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है उपराष्ट्रपति ने श्री जेटर्ली को सशक्त बुद्विजीवी क्शल प्रशासक और निष्ठावान व्यक्ति बताया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अरुण जेटली के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि अरुण जेटली विराट राजनेता उच्च कोटि के विद्वान और विशिष्ट विधिवेत्ता थे गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अरुण जेटली का निधन उनकी निजी क्षति है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्री जेटली ऐसे नेता थे जिनका सभी दलों के लोग सम्मान करते थे वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अन्य देशों की तुलना में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बेहतर है उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक विकास दर अमरीका और चीन के मुकाबले अधिक है वित्त मंत्री ने कल तीव्र आर्थिक वृद्वि दर हासिल करने के कई उपायों की घोषणा की उन्होंने कहा कि उपमोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी केवल उमरती अर्थव्यवस्था वाले देशों में ही नही है बल्क विकसित देशों में भी यही हाल है उन्होंने कहा कि आर्थिक सुधार दो हचार चौदह से ही सरकार के एजेप्डे में प्रमुख रहे हैं वित्तमंत्री ने राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आवास वित्त कंपनियों को बीस हजार करोड़ रूपये की अतिरिक्त सहायता की घोषणा की अमरीका के उद्योग जगत ने वित्तमंत्री की इन घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे वैश्विक निवेश की दृष्टि से भारत की स्थिति मजबूत होगी विभिन्न उद्योग और व्यापार परिसंघों ने देश की आर्थिक विकास दर बढ़ाने के लिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा की गई घोषणाओं का स्वागत किया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित किए गए उपायों से अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे व्यापार करने में सरलता और मांग में बढ़ोत्तरी होगी साथ ही सस्ती दरों पर कर्ज भी उपलब्ध होंगे

हमारे संवाददाता ने बताया है कि मथुरा में बांके बिहारी और प्रेम मंदिर में जन्माष्टमी आज मनाई जा रही है भगवान श्रीकृष्ण के अवतार का मुख्य आयोजन आज मथुरा में जन्ममूमि पर आयोजित किया जाएगा इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तगण यहां पहले ही पहुंच चुके हैं बॉलीवुड सहित विभिन्न स्थानों से आए हुए सांस्कृतिक दल और कलाकार भगवान बांके बिहारी के जीवन के प्रसंगों को अपने गीतों और भजनों के माध्यम से वर्णित कर रहे हैं यहां गलियां और रास्ते राधे राधे के स्वर से गूंजायमान हैं और समूचा वातावरण दैवीय हो गया है श्रद्वालुओं की उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यातायात मार्गो में बदलाव किया गया है एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ